मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में वीडियो कांन्फ्रेंन्सिंग के जरिये प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की इस दौरान श्री गहलोत ने जिला स्तर के अस्पताल और कोविड मरीजों का इलाज कर रहे अन्य चिकित्सालयों के डॉक्टरों को ट्रीटमेन्ट प्रोटोकॉल के बारे में प्रशिक्षित करने पर भी जोर दिया उन्होंने कहा कि अस्पताल में सांस लेने में तकलीफ की शिकायत लेकर आने वाले मरीज को आते ही उसे व्हीलचेयर ऑक्सीजन सिलेण्डर के माध्यम से ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर विचार किया जाना चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन नहीं है लेकिन आमजन को लॉकडाउन की तरह व्यवहार करते हुए पूरी सकर्तता बरतने की जरूरत है तभी कोरोना संक्रमण को बढने से रोका जा सकेगा उन्होंने कहा कि हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना सोशल डिस्टेसिंग और मास्क लगाने के बारे में आमजन को जागरूक करने के लिए उन्हें विश्वास में लिया जाए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अस्पतालों में सुविधाओं और दवाईयों की कोई कमी नहीं आने देगी लेकिन कोरोना के खिलाफ इस जंग में जीत के लिए समाज के प्रतिष्ठित लोगों सामाजिक कार्यकर्ताओं एनजीओ और जनप्रतिनिधियों को आगे आकर आमजन को हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना करने के लिए जागरूक करना होगा उन्होंने कहा कि लोगों में इस महामारी का भय खत्म होने से हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना में लापरवाही बरतना शुरू कर दिया है

ट्रीटमेन्ट प्रोटोकॉल के बारे में चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया जाए

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि जनप्रतिनिधियों और विभिन्न दलों के नेताओं से भी चर्चा कर सभा और समारोह के आयोजन नहीं करने तथा भीड इकट्ठी नहीं करने के बारे में अपील की जायेगी

उन्हें कोविड केयर सेंटर में रखा जा सकता है स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोडा ने बताया कि विशेषज्ञों से परामर्श करने पर यह सामने आया है कि इस प्रकार के मरीजों को किसी विशेष चिकित्सा उपचार की जरूरत न होकर चिकित्सकीय पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है ऐसे में बिना लक्षण वाले मरीजों को डेडीकेटेड कोविड अस्पताल में भर्ती करने के बजाय उससे सम्बद्ध कोविड केयर सेंटर में रखा जाना चाहिए

ऐसी स्थिति में निजी अस्पताल अपने पास के होटल के साथ एमओयू कर जिला कलक्टर की अनुमति से कोविड केयर सेंटर स्थापित कर सकते है

रोजाना भारी संख्या में संक्रमण के मामले सामने आ रहे है श्री राठौड़ ने कहा कि राज्य में कोरोना के लिए चिन्हित सरकारी और निजी चिकित्सालयों में संसाधनों और स्टाफ की कमी के चलते हालात निरंतर बिगड़ रहे हैं और कोरोना संक्रमित मरीजों को पर्याप्त इलाज की सुविधा नहीं मिल पा रही हैं उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को चिकित्सालयों में मानव संसाधनों की कमी दूर करने के लिये चिकित्साकर्मियों की आपात भर्ती करनी चाहिए

हादसे में पांच लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई जबकि दो लोगो ने अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में दम तोड दिया

श्री चांदना ने कल बूंदी जिले की हिण्डोली पंचायत समिति में जन सुनवाई की उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पडे अधिकारी खुद प्रकरणों की निगरानी रखें उन्होंने कहा कि लंबित बिजली कनेक्शन तुरंत दिये जाये और बिजली संबंधी समस्याओं का जल्द समाधान जल्द हो उन्होंने कहा कि राजस्व मामलों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर देरी नहीं होनी चाहिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व भूमि पर अतिक्रमण नहीं हो एसी व्यवस्था की जाये

परीक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण कर लिया गया है रेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि अभ्यार्थियों की सुरक्षा के लिए परस्पर सुरक्षित दूरी के मानक और केंद्र तथा राज्य सरकारों के निर्देशों का पालन किया जाएगा

उन्होने यह भी बताया कि परीक्षा या अन्य किसी भी उददेश्य के लिये राज्यों से अनुरोध मिलने पर रेलवे ट्रेनों का परिचालन करेगा